अटल विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री आज पहंचे बिलासपुर और कोरिया बेलतरा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की कथित सीडी कांड मामले में भूपेश बघेल को जेल भेजे जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में दी गिरफ्तारियां मामले के मुख्य आरोपी भाजपा नेता कैलाश मुरारका पार्टी से निष्कासित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रदेशभर में हुए विभिन्न कार्यक्रम रायपुर में आयोजित हुआ ग्रामीण कौशल सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट फैसला उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होगी प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवार के रिकॉर्ड के बारे में जानने का अधिकार है और राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों से संबंधित रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर डालने होंगे प्रधान न्यायाधीश ने उम्मीदवारों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सर्व सम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधी राजनीति में न आने पाएं वहीं सांसदों विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वकालत करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को आज शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया न्यायालय ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियम इन्हें वकालत करने से नहीं रोकते अटल विकास यात्रा प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज बिलासपुर जिले के बेलतरा पहुंचे और उन्होंने करीब अठासी करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया कार्यक्रम में उन्होंने बेलतरा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और वहां पुलिस चौकी खोले जाने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने दो सौ से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत उज्ज्वला गैस कनेक्शन स्मार्ट फोन आयुष्मान कार्ड चरण पादुका टिफिन और सिंचाई सोलर पंप वितरित किए वहीं मुख्यमंत्री ने आज कोरिया जिले के विकासखंड मुख्यालय भरतपुर का भी दौरा किया और वहां करीब पैंसठ करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत मुख्यालय तिलगी पहंचकर वहां शहीद शिवकुमार सिदार की प्रतिमा का अनावरण किया मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गांव की शासकीय प्राथमिक शाला का नामकरण शहीद शिवकुमार सिदार के नाम पर करने तथा गांव में शहीद शिवकुमार सिदार के नाम पर मंगल भवन निर्माण के लिए पंद्रह लाख रूपए की मंजूरी की घोषणा की कांग्रेस जेल भरो आंदोलन कथित सीडी कांड मामले में कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को जेल भेजे जाने के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में गिरफ्तारियां दीं कांग्रेस ने कल ही जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान कर दिया था आज राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से केंद्रीय जेल की तरफ बढ़ते हुए अनेक नेताओं को पुलिस ने लोधीपारा चौक के पास गिरफ्तार कर लिया इनमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव मोहम्मद अकबर रविंद्र चौबे महापौर प्रमोद दुबे मोतीलाल देवांगन कवासी लखमा सहित कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल थे इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद पंडरीतराई मैदान में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया है इस बीच आंदोलन के लिए आज सुबह जब प्रदेश के विभिन्न जिलों से राजधानी रायपुर आ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया इधर बीजापुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एक सौ तिरसठ पर चक्काजाम किया इस दौरान दो सौ से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया वहीं दर्ग में जिला कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू विधायक अरूण वोरा सहित अन्य नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई है इन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके घर से गिरफ्तार किया गया खबर मिली है कि महासमुद से रायपुर आ रहे करीब डेढ़ सौ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थायी जेल और जिला जेल में रखा है प्रदेश के अन्य जिलों से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के समाचार है कैलाश मुरारका निष्कासित कथित सीडी कांड मामले में मुख्य आरोपी भाजपा नेता कैलाश मुरारका को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है मुरारका की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी गई है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने आज उनके निष्कासन का आदेश जारी कर दिया सीडी कांड मामले में सीबीआई ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया है इसमें भाजपा नेता कैलाश मुरारका का नाम भी शामिल है सीबीआई की तरफ से कल रायपुर कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कैलाश मुरारका मुख्य आरोपी बताए गए हैं सीबीआई ने चार्ज शीट में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं सभी आरोपियों को कल कोर्ट में पेश होने को कहा गया था लेकिन कैलाश मुरारका कोर्ट में पेश नहीं हुए जकांछ बसपा छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने जा रही है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश की नब्बे सीटों में से पचपन पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी तो वहीं बसपा पैंतीस सीटों पर चुनाव लड़ेगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा गठबंधन के बाद आज रायपुर में हुई संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दोनों पार्टियों ने अपने अपने हिस्सों की सीटों का बंटवारा कर इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है इस मौके पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी और बसपा के प्रदेश प्रभारी अशोक सिद्धार्थ मौजूद थे

जयंती स्मृति समारोह अगले महीने दो अक्टूबर से शुरू होगा और दो अक्टूबर दो हजार बीस तक चलेगा इस दौरान कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है समिति में पैंसठ सदस्य मनोनीत किए गए हैं इनमें सांसद मोतीलाल वोरा रमेश बैस के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री पद्म विभूषण तीजन बाई सहित पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित राज्य की पंद्रह हस्तियों को भी शामिल किया गया है दीनदयाल उपाध्याय जयंती एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती राज्य में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस मौके पर राजधानी रायपुर में राज्य दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल सम्मेलन आयोजित किया गया पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चन्द्राकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए श्री चन्द्राकर ने इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं अधिकारियों और नियोजित प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया सम्मेलन में श्री चंद्राकर ने बताया कि प्रदेश में लगभग सत्तर हजार युवाओं को वर्ष दो हजार बाईस तक कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें नियोजित किए जाने का लक्ष्य है उधर रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी आज एक समारोह आयोजित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय के हर सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है मितानिन चयन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रदेश में भी पचास हजार से कम्रजनसंख्या वाले शहरों में नए मितानिन का चयन किया जाएगा यह जानकारी स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह की अध्यक्षता में रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक में दी गई चिकित्सा अधिकारी भर्ती स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त चार सौ तेईस पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए मेरिट सूची जारी कर दी है इस संबंध में दावा आपत्ति सात दिनों के भीतर आमंत्रित की गई है दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम मेरिट सुची और चयन सुची विभाग द्वारा जारी की जाएगी अंतर्राज्यीय कार्यशाला सौर ऊर्जा पर आधारित ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए चुने हए प्रशिक्षकों की अंतर्राज्यीय कार्यशाला रायपुर में इन दिनों आयोजित की जा रही है कार्यशाला का उद्घाटन कल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संसदीय सचिव लाभचंद बाफना ने किया

संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में सत्ताईस सितम्बर को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है

कवर्धा में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं कोटवार के अलावा कृषि स्नातक संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार में बैंक कैशियर की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है